बीजेपी के राश्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे कांग्रेस के गलत मंसूबों पर जोरदार प्रहार बताया हरियाणा के राज्यपाल ने कुलपतियों व शिक्षाविदों को नई राश्टीय शिक्षा नीति को प्रभावित व त्वरित विधि से लागू करने में पहल करने का आहवान किया हरियाणा पुलिस ने हिसार से दो क्विंटल गांजा बरामद कर तीन लागों को गिरफतार किया

न्यायमूर्ति अशोक भूषण आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने यह भी कहा कि पीएम केयर में दिया गया योगदान चैरिटेबल ट्रस्ट की निधि है न्यायलय ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिकिया कोष में दान देने पर कोनूनी पाबंदी नहीं है पीट ने यह भी स्पष्ट किया कि पीएम केयर फण्ड में जमा की गई राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिकिया कोष से पूरी तरह भिन्न है

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने पीएम केयर फण्ड के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नापाक इरादों पर जोरदार प्रहार बताया है श्री नड्डा ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने दशकों तक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को अपनी निजी संपत्ति समझा और लोगों द्वारा मेहनत से कमाए गए इस धन को अपने परिवारिक न्यासों में हस्तांतरित कर दिया केन्द्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आज विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पीएम केयर फण्ड के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले में सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी पीएम केयर फण्ड पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि सच्चाई की जीत और झूठ की हार हुई है श्री जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश को मजबूत करने के लिए देश के लोगों ने अपनी स्वेच्छा और श्रमता के अनुसार योगदान दिया है प्रवर्तन निदेशालय ने फर्जी कंपनियों के जरिए लगभग एक हजार करोड़ रूपए के हवाला गिरोह के एक चीनी नागरिक के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है

पेंग और उसके कथित सहयोगियों जिनमें भारतीय एवं बैंक कर्मचारी शामिल हैं पर पिछले सप्ताह आयकर विभाग ने छापा मारा था

प्रर्वतन निर्देशालय ने आयकर विभाग के सबूतों का संज्ञान लेकर पेंग के खिलाफ धन शोधन का आपराधिक मामला दर्ज किया है

हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कुलपतियों व शिक्षाविदों का नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी व त्वरित गति से लागू करने में पहल करने का आहवान किया है इससे देश और प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में बेहतर बदलाव के साथ युवा पीढ़ी आत्म निर्भर होगी श्री आर्य आज हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित डिजिटल कॉन्कलेव में कुलपति व शिक्षाविदों को संबोधित करे रहें थे इस मौके पर उन्होने कहा कि शिक्षा जगत से जुड़े लोग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में जबावदेही के साथ अपनी जिम्मेवारी निभाएगें तो निश्चत रूप से भारत के नव निर्माण की प्रक्रिया में देश को अच्छे विद्यार्थी व्यवसायी और अच्छे नागरिक मिलेंगे उन्होंने कहा कि हरियाणा में तो नई शिक्षा नीति के तीव्र लाभों की और शिक्षा के प्रचार प्रसार की अपार सम्भावनाएं हैं क्योंकि हरियाणा में शिक्षा से सम्बन्धित सभी ढांचागत सुविधाएं पहले से सुदृढ़ हैं

स्वाभाविक रूप से भविष्य में देश में शिक्षा से सम्बन्धित ढांचागत सुविधाओं का अपार विकास होगा हरियाणा पुलिस ने जिला हिसार से दो किंवटल गांजा बरामद कर मादक पदार्थ के अवैध कारोबार में शामिल होने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश के जिला एटा निवासी सुभाष को ट्रक सहित जिंदल पुल के नीचे से गिरफ्तार किया

प्रारंभिक जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि आरोपी जब्त किया गया मादक पदार्थ ओडिशा के रायगढ़ से लाया गया था

पुलिस द्वारा इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों की पहचान पंजाब निवासी बल्ला सिंह और दलीप सिंह के रूप में हुई है

जिनमें एक महिला भी शामिल है

फतेहाबाद पुलिस ने भी नशे की हजारों प्रतिर्वेधित गोलियां बरामद की हैं इस मामले में पुलिस ने करनैल सिंह निवासी दिवाना को गिरफ्तार कर लिया जबकि उसके भाई जरनैल सिंह की तलाश की जा रही है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के प्रत्येक नागरिक को कोविड महामारी के मददेनजर मानसुन के मौसम में सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करने को कहा है उन्होंने कहा है कि ये मौसम वैक्टर जोनेत बीमारियां का है इसलिए इस दौरान सही सही उपाय और सावधानियां जरूरी हैं श्री मोदी ने बताया कि सरकार स्थिति पर नजदीक से नजर रख रही है और जो प्रभावित हैं उनकी देखाभाल और इलाज से सुनिश्चित किया जा रही है हरियाणा में आज नेता जी सुभाष चन्द्र बोस को उनकी प्रण्यतिथि पर याद किया गया भिवानी में युवा कल्याण संगठन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया संगठन के पदाधिकारियों और संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने उनके चित्र पर फूल अर्पित किए और युवाओं को नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढने का आहवान किया फरीदाबाद जिले में भी संगठनों ने उन्हें याद किया बीजेपी के फरीदाबाद कार्यालय में जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा ने उन्हें श्रद्वांजलि दी जेजेपी नेता प्रेम सिंह धनखड़ ने भी नेता जी के चित्र पर पुष्ट अर्पित किए